भाजपा कांग्रेस बहजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी तथा सपाक्स सहित कई दलों ने प्रदेश में अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं

निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी की व्यवस्था भी की है इस बीच प्रदेश के मुख्य चुनाव पदाधिकारी वी एल कान्ताराव ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि ईवीएम से मतदान पूरी तरह सुरक्षित है और इन मशीनों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है मतदाता प्रदेश में आज मतदान पर्व पर पांच करोड़ चार लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे

एक वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुद्रढ़ करने की गम्भीर आवश्यकता है उन्होंने कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों और वित्तीय आतंक पैदा करने वालों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को आज भी अभूतपूर्व आर्थिक और प्रौद्योगिकी संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है

श्री कान्ताराव ने कहा है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण सोपान है निर्वाचन प्रक्रिया में राज्य के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति का मत महत्वपूर्ण है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन में सहभागिता के लिये राज्य के प्रत्येक मतदाता से स्वतंत्र और निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है श्री कांता राव ने कहा है कि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के साथ साथ सुगम और समावेशी बनाने के लिये प्रदेश में इस बार मतदान में मुख्य रूप से दिव्यांग बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं के लिये विशेष सुविधायें प्रदान की गई हैं मतदान केन्द्रों पर छाया पीने के पानी एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था की गई है इसके साथ ही इस बार व्हीव्हीपैट मशीन का उपयोग भी किया जा रहा है जिसमें आपके द्वारा डाले गये वोट का सत्यापन आप स्वयं कर सकते हैं सुरक्षा प्रबंध शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिये प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंधक किये गये है

संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा प्रबंधों को विशेष तौर पर मजबूत किया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त केन्द्र सरकार ने सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को कल मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की औपचारिक घोषणा कर दी

वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत शनिवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं

इनमें से जो पहले हो उसे अपनाया जाता है परंपरागत रूप से सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त को ही मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है रेरा अन्टोनी प्रदेश के रेरा अध्यक्ष अंटोनी डिसा ने सार्थक विकास के लिये प्रकृति के साथ संतुलन की आवश्यकता बताई है श्री डिसा ने कल एप्को में विश्व प्रकृति निधि की मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ इकाई की सलाहकार समिति की बैठक में कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता अनुसार न्यूनतम उपयोग ही किया जाना चाहिये विश्व प्रकृति निधि की मध्यप्रदेश राज्य की संचालक संगीता सक्सेना ने प्रदेश में संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी उन्होंने बताया कि समाज में प्रकृति एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं मीजल्स रूबेला मध्यप्रदेश में मीजल्स रूबेला नियंत्रण अभियान माह जनवरी से प्रारंभ किया जायेगा

नौवी कक्षा में रिक्त स्थानों के बारे में जानकारी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर हासिल की जा सकती है

इन विद्यालयों में छात्रों को बोर्डिंग लॉजिंग पुस्तकें और यूनीफार्म की सुविधाओं के साथ निःशुल्क उत्तम आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है